आज भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना को नये दिशा निर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई

मंत्रि परिषद ने कोरोना से दिवंगत पुलिस कर्मी यशवंत पाल और देवेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय भी लिया है

श्री वेंकैया नायडू ने सुबह सदन में कोरोना महामारी से बचाव के लिए लागू परस्पर सुरक्षित दूरी मास्क और सेनेटाइजर से हाथ साफ करने के मानकों का कड़ाई से पालन कराते हुए नए सदस्यों को शपथ दिलायी

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के नए सदस्यों को शुभकामनायें देते हुए बुधवार को कहा कि सदन में हाल में चुनकर आये सदस्यों को सदन की कार्यवाही और संसदीय नियमों की जानकारी देने के लिए जल्दी ही प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा उन्होंने कहा कि नए सदस्यों को सदन की कामकाज की प्रणाली से परिचित होना आवश्यक है

वहीं जिले के नसरुल्लागंज में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने के बाद आज से चार दिन तक का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

भोपाल में कोरोना के बढ़ते हए मामलों पर प्रभावी अंकृश लगाने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने की यह नई पहल की जा रही है

शराब ठेका सुनवाई मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने शराब ठेकों के संचालन के लिए राज्य सरकार की नई टेडर नीति को हरी झंडी दे दी है आज इस मामले में फैसला देते उच्च न्यायालय ने कहा कि मौजूदा नीति पर अमल किया जाये अदालत ने शराब ठेकों की निविदा की रकम कम करने और ठेके निरस्त करने की मांग को मानने से साफ इंकार कर दिया

याचिकाओं में नीलामी की रकम कम करने और ठेकों को निरस्त करने की मांग की गई थी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को सही मानते हुए नई शराब नीति को ही यथावत रखा हैं

इस मौके पर श्री सिसौदिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिये जनपद पंचायतें भी सक्रिय भूमिका निभा रही है उन्होंने कहा कि हमे कोरोना के प्रति सजगता और जागरूकता लाने के साथ सावधानियां भी बरतनी होंगी इसके लिए शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करने के साथ ही ग्रामीणों को भी प्रोत्साहित करना होगा

इस दौरान होटल बंद रहेंगे